प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केवल एनडीए सरकार ने खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का किसानों से किया अपना वायदा पूरा किया है पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने फसल की लागत का डेढ़ गना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया हमारी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पश्चिम बंगाल के किसानों के जीवन में भी एक बहुत बड़ी नई ताकत देने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज लागत का डेढ़ गुना किसानों को एमएसपीदेने का निर्णय आज हमारी सरकार ने कर लिया समर्थन मूल्य में लगभग ग्यारह सौ रूपए क्विंटल लागत के ऊपर मक्के का समर्थन मूल्य सत्रह सौ रूपए कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसान देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है और सवा सौ करोड़ से अधिक देशवासी नये भारत के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं न्यू इंडिया का संकल्प लेकर के उसको साकार करने के लिए देश का नौजवान हो देश का किसान हो महिलाएं हो गरीब हो दलित हो पीडित हो शोषित हो आदिवासी हो वंचित हो ये हर कोई अपने तरीके से देश को आगे ले जाने के लिए नई नई संभावनाओं को तलाशने के लिए आज देश की प्रगति के लिए जुटे हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि देश की आत्मा किसानों और गांवों में बसती है उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक किसानों वंचित वर्ग के लोगों और गांवों का विकास न हो

हर किसान की आय दोगुनी करने के इरादे से चाहे मछली पालन हो चाहे मुर्गी पालन हो चाहे मधुमक्खी का पालन हो चाहे खेत के किनारे पर बांस की खेती को प्रमोट किया जाए एक प्रकार से किसान की आय पशुपालन से लेकर के मधुमक्खी तक इन और चीजों को जोड़कर के किसान की आय दोगुना करने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं

इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के पीपीगंज में आयोजित किसानों को संबोधित करते हुए एक कार्यक्रम के दौरान दी उन्होंने बताया कि धुरियापार्क चीनी मिल के पास इस प्लांट के स्थापित होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा

उन्हाने किसानों से खेतों में प्रआल न जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे वातावरण प्रदूषित होता है साथ ही खेतों की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है उन्होंने किसानों को बताया कि एथेनाल प्लांट के चालू हो जाने पर पुआल का मूल्य भी किसानों को मिल सकेगा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री राज्यवद्वन सिंह राठौड़ ने कहा है कि देश भर में दो से तीन करोड़ बच्चों की खेल प्रतिभा का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार जल्दी ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करेगी गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शारीरिक क्षमता के आधार पर हर साल एक हजार बच्चों का चयन किया जाएगा देश के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूल के अंदर जो बच्चे है उनकी फिजिकल जो कैपेबिलिटी है उसकी मैपिंग शुरू करेंगे एक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा उसका भी लांच बहुत जल्दी होने वाला है

राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि देश में महिलाओं का शानदार इतिहास रहा है

श्री नाईक आज लखनऊ में एक स्वयंसिद्धा अवार्ड दो हजार अटठारह नामक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्हाने कहा कि बदलते परिवेश में महिलाओं के प्रति द्रष्टिकोण बदलने की जरूरत है महिलाओं की शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बेटी शिक्षित होने से दो परिवार शिक्षित होते हैं

भारत ने आज देश में ही विकसित सतह से सतह तक मार करने वाली सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया मिसाइल की कार्यक्षमता की अवधि बढ़ाये जाने के बाद ओडिशा तट पर चांदीपुर परीक्षण स्थल से यह परीक्षण सवेरे दस बजकर अठारह मिनट पर किया गया

अब मिसाइल की मारक क्षमता चार सौ किलोमीटर तक करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल पहली ऐसी भारतीय मिसाइल है जिसकी कार्य अवधि बढ़ाकर दस से पंद्रह वर्ष की गई है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

रूस की राजधानी मास्को में कल खेले गये इक्कीसवें विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने क्रोएशिया को चार दो से हरा कर दूसरी बार फुटबाल विश्वकप अपने नाम कर लिया

फ्रांस ने पैंसठवें मिनट में चार एक की बढ़त बनाने के साथ ही खिताब पर अपना कब्जा सुनिश्चित कर लिया क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉडरिच को विश्वकप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया फ्रांस के युवा सितारे एम्बाप्पे को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खिताब जीतने पर फ्रांस को बधाई दी है अगला विश्वकप दो हजार बाईस में कतर में आयोजित होगा पहली बार किसी अरब देश में फुटबॉल विश्वकप का आयोजन किया जायेगा मिर्जापुर में जल्द ही सोन लिफ्ट परियोजना और नारायणपुर पम्प कैनाल परियोजना की शुरूआत की जायेगी

श्री सिंह ने इन परियोजनाओं को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया है गौरतलब है कि सोन लिफ्ट परियोजना काफी समय से लम्बित है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ही मिर्जापुर में लोगों को वाण सागर परियोजना की बड़ी सौगात दी थी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दुर्घटना इलाहाबाद चित्रकूट राजमार्ग पर प बरगड़ क्षेत्र में एक डम्फर और टैम्पों के आमने सामने की टक्कर लगने से हुई मृतकों में पांच की पहचान कर ली गई है छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि शेष की मौत इलाज के दौरान हुई हादसे के बाद ग्रामीणों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया मथुरा जनपद में ओएनजीसी और खुशहाली फाउडेंशन के द्वारा वृंदावन के आसपास के बीस गांवों में लगभग एक हजार सात सौ किसानों को बारह हजार छह सौ से अधिक पौधों का वितरण किया इन पौधों म पीपल गुलमोहर जामुन कंजी तथा तुलसी और चम्पा के पौधे शामिल है लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण की अपील करते हुए एक पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण के प्रति संजीदा रहना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वह बरसात के मौसम में पौधे लगाकर धरती माँ का श्रंगार कर एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभाये बलरामपुर जनपद में ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत आज से विशेष मिशन इन्द्रधनुष अभियान का शुभारम्भ किया गया यह अभियान चौबीस जुलाई तक चलेगा अभियान क अन्तर्गत पूर्व में टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है तुलसीपुर भाजपा विधायक कैलाशनाथ शुक्ला ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य के प्रति कृत संकल्पित है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपन विचार साझा करेंगे